देशभर में विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं की रैलियां

गणगौर पर्व की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशभर में सिंजारा उत्सव मनाया जा रहा है

इस चरण में असम आंध्र प्रदेश अरूणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तेलंगाना और उत्तराखण्ड शामिल हैं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में कूचबिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही भारत में फोन की सुविधा निशुल्क हो जायेगी और इंटरनेट की दरें दुनिया में सबसे कम होंगी इधर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभायें की बीकानेर के कोलायत में चुनावी रैली को संबोधित करते हुये उन्होने केन्द्र की भाजपा सरकार पर कुशासन और वादा खिलाफी का आरोप लगाया

झालावाड बारां सीट पर अभी तक किसी भी प्रत्याशी की ओर से नामजदगी का पर्चा नही भरा गया है

भाजपा ने नागौर सीट हाल ही में एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के लिये खाली छोड़ी है दौसा सीट पर पार्टी ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है

इनमें प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह नितिन गडकरी अरूण जेटली सुषमा स्वराज पीयूष गोयल स्मृति ईरानी और अन्य मंत्रियों के अलावा उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांसद हेमा मालिनी शामिल हैं

दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हये इस अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा आनन्द शर्मा रणदीप सुरजेवाला और अन्य नेता शामिल हुये

केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हये कहा कि मोदी सरकार के लक्ष्य में गरीब के विकास को प्राथमिकता दी गई है

आयोग ने कहा कि चुनाव के समय ऐसे विज्ञापनों से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा

सुरक्षा संबंधी सेवायें देने वाले निजी कंपनियों के संगठन सेन्टर एसोसियेशन ऑफ प्राइर्वेट सिक्यूरिटी इन्डस्ट्री ने निजी सुरक्षा एजेन्सियों की रेटिंग और प्रमाणन के लिये भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ करार किया हैं इसका उद्देश्य सुरक्षा गार्डो के लिये रोजगार की उपलब्धता के साथ ही नियोक्ताओं की नजर में उनकी विश्वसनीयता बढाना भी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के दिन को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हैल्थ डे के रूप में मनाया जाता है इस वर्ष की थीम यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज रखी गई है इस अवसर पर जयपुर सहित प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है इस दौरान बदलती जीवन शैली में तनाव और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है डब्लू एचओ बोर्ड के सदस्य राजीव गुप्ता ने बताया कि सरकार डब्लूएचओ के साथ मिलकर देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं

दो दिन पहले उद्यान में पैंथर के पगमार्क देखे गये थे इस पर उद्यान प्रशासन द्वारा कैमरे लगाये गये जिनमें कल रात को पैंथर की तस्वीर कैद हुई उद्यान में पैंथर की तस्दीक होने पर चेतावनी के बोर्ड लगा दिये गये हैं और पर्यटकों और गाइडों को निर्देश दिये गये हैं कि वे पैंथर वाले क्षेत्र में पर्यटकों को भ्रमण नहीं करवायें

पुलिस ने बताया कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की यह बस चित्तौड़गढ से निम्बाहेड़ा जा रही थी कि अरनिया के पास ये हादसा हुआ

जालौर जिले के सांचोर में कौमी एकता के प्रतीक हजरत पीर डाडा अबन शाह की दरगाह का सालाना उर्स आज से शुरू हुआ

इसे लेकर महिलाओं में विशेषकर नव विवाहिताओं और शादी के बंधन में बंधने जा रही युवतियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है

अचानक आई आंधी ने समूचे शहर को अपने आगोश में समेट लिया च्रू में भी धूलभरी अंधड़ से लोगों का जीवन ठहर गया जयपूर में दिनभर तेज धूप के बाद शाम को बादल छाये रहे

इसी तरह पुरूष युगल में जी ज्ञानेश और कंवलजीत सिंह की जोड़ी ने खिताब पर कब्जा जमाया महिलाओं की एकल प्रतियोगिता में दिल्ली की मानसी कोहली ने उदयपुर की नीलम पाण्डा को शिकस्त दी वहीं युगल वर्ग में जयपुर की सरोज जाट और सुशीला की जोड़ी विजयी रही